राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में हो रही है बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रर्वाहन ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह छियालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है राजधानी पटना समेत पूर राज्य में बारिश हो रही है इससे धान की रोपनी के कार्यों में तेजी आयी है अगले दो तीन दिनों तक बारिश होने की संभावना है राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण कृषि कार्यों में तेजी आ गयी है मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन मुजफ्फरपुर और भागलपुर से गुजर रही है अगले तीन दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है राज्य के मध्य और पूर्वी इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है इस कारण वैशाली सारण मुजफ्फरपुर पटना समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया मधेपुरा अररिया पूर्णिया और भागलपुर जिलों में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ की आशंका को देखते हुये राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है राज्य सरकार बाढ़ सुखाड़ अगलगी भूकंप सहित अन्य आपदाओं से निपटने के लिये राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीमों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी अभी राज्य में एसडीआरएफ की अठारह टीमें हैं सरकार बत्तीस नई टीमों का गठन करेगी इस प्रकार एसडीआरएफ की टीमों की संख्या पचास हो जायेगी राज्य सरकार ने बत्तीस नई टीमों के लिये अतिरिक्त पांच सौ इकहत्तर पदों का सृजन किया है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड से संबंधित कागजातों की जांच शुरू कर दी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सीबीआई के अधिकारी ने कांड को लेकर एफआईआर की कॉपी और अन्य जानकारी स्थानीय पुलिस से ली सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम द्वारा आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह का निरीक्षण किये जाने की संभावना है इस बीच बालिका गृह कांड में जेल में बंद निलंबित सीपीओ रवि रौशन की जमानत अर्जी पर विशेष पौक्सो कोर्ट में कल सुनवाई होगी राज्य सरकार अब खुद बालिका और बाल गृहों का संचालन करेगी इस संबंध में समाज कल्याण विभाग प्रारूप तैयार कर कर रहा है प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद उसे मंजूरी के लिये कैबिनेट के पास भेजा जायेगा राज्य सरकार ने यह कदम बालिका और बाल गृहों के बेहतर प्रबंधन और सुचारू संचालन के लिये उठाया है अभी बालिका और बाल गृहों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों से सभी बाल गृहों का पंजीकरण तथा उनकी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयोगों को बाल कल्याण समितियों के पास पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करना चाहिए उधर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित सभी बाल गृहों की तत्काल जांच करने का आदेश दिया है ताकि वहां रहले वाले बच्चों की स्थिति की जानकारी सरकार को मिल सके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एक से दस अगस्त तक आयोजित होने वाले वन महोत्सव में मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में पचास लाख पौधे लगाये जायेंगे वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि यह संख्या उन एक करोड़ पौधों के अतिरिक्त होगी जो वन विभाग इस अवधि में लगायेगा श्री मोदी ने कहा कि वन महोत्सव के दौरान ग्रामीण विकास विभाग पूरे प्रदेश में सघन पौधा रोपन के लिये पर्यावरण और वन विभाग के साथ मिलकर अभियान चलायेगा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सभी जिलों में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेंटर बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंटर के निर्माण में एक सौ पंद्रह करोड़ रूपये खर्च होंगे श्री सहनी ने कहा कि सेंटर के माध्यम से साढ़े आठ करोड़ लाभुकों को अनाज आपूर्ति और उसकी निगरानी में आसानी होगी उन्होंने कहा कि सभी सेंटरों में खाद्य निगम का पूरा सिस्टम काम करेगा राज्य सरकार खादी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये नयी खादी नीति बनायेगी नीति के तहत बुनकरों को ब्याज रहित ऋण अनुदान उनका बीमा कराने आदि का प्रावधान रहेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार नयी खादी नीति के तहत जीविका को जोड़ा जायेगा खादी बोर्ड के सीईओ कंपनी के प्रतिनिधियों और खादी संस्थानों की प्रतिनिधियों की बैठक में नयी खादी नीति पर सहमति बनी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है दैनिक हिन्दुस्तान ने आरा जहरीली शराब कांड में कोर्ट के फैसले को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है आरा जहरीली शराब कांड में चौदह को उम्रकैद अखबार ने इससे जुड़े तथ्यों को भी प्रकाशित किया है अन्य समाचार पत्रों ने भी इस खबर को प्राथमिकता दी है हिन्दुस्तान ने ही एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है ट्रेन में काले नाग के साथ इक्यावन किलोमीटर का सफर दैनिक जागरण ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुये लिखा है पांच और लड़कियों से हुआ था दुष्कर्म इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है एक विमान से टकराया पक्षी दूसरा रन वे पर पक्षियों का झुंड देख चला गया वाराणसी प्रभात खबर ने समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सरकार खुद करेगी बालिका और बाल गृहों का संचालन इसके साथ अखबार ने इस कांड से जुड़े अन्य खबरों को भी तरजीह दी है इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है बैंक अफसरों को परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी देने की तैयारी दैनिक भास्कर ने मौसम की खबरों को प्रमुखता से छापा है मौसम से जुड़ी खबर का शीर्षक है पहली बार बिहार पर मानसून मेहरवान पैंतालीस दिन भटकने के बाद प्रदेश से गुजर रही ट्रफ लाइन मौसम से जुड़े आंकड़ों को भी अखबार ने तरजीह दी है इसके अलावा अखबारों ने घटे जीएसटी पर स्टीकर देखकर सामान खरीदे पीएफ की वेतन सीमा पंद्रह से इक्कीस हजार होगी राजद की साईकिल यात्रा स्थगित मिर्गी की सुई लगाकर करते थे लड़कियों से दुष्कर्म डायवर्सन बहा छपरा हाजीपुर सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप्प सरकारी भवनों पर भी दिखेंगी कलाकृतियां और मिड डे मिल से पहले बच्चों को पौष्टिक नास्ता देने की तैयारी से जुड़ी खबरों को तरजीह दी है

राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में हो रही है बारिश